उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लोगो को ए पी एस टी से यात्रा के लिए टिकट ब्रक करने के लिए सुविधा होगी इस अवसर पर श्री नालों ने सभी जिला मुख्यालयों में आई सी टी नेटवर्क के ढांचे को और बेहतर बनाने पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग ई टिकटिंग सुविधा का लाभ उठा सके ए पी एस टी एस के महा प्रबंधक आबु तायेंग ने इस सेवा के जरिए पहला ई टिकट बुक किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ई टिकटिंग का लाभ राज्य के लोंगो के साथ साथ पर्यटको को भी मिलेगा

नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद राज्य में पिछले आठ दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण इंटरनेंट सेवाएं रोक दी गई थी कानून व्यवस्था में सुधार के कारण कल शाम करीब सात बजे मोबाइल इंटरनेंट और एस एम एस सेवाओ से प्रतिबंध हटा लिया गया वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कॉनेड के संगमा ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद मोबाइल इंटरनेंट और एस एम एस सेवाओं को फिर से फिर शुरु करने के निर्देश जारी किए इधर असम के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने कल नलबाड़ी शहर में शांति मार्ड निकाला जिसमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अलावा कई मंत्री के प्रदेश अध्यक्ष ने भाग लिया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगो से प्रदेश में स्थाई शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की जरुरत पर जोर दिया उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से राज्य के मूल निवासियों के हितो पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा सोनोवाल ने कहा कि राज्य सरकार इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे संगठनों के नेताओ के साथ बातचीत करेगी भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर चर्चा के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में बैठक हुई इस मुद्दे पर दोनो देशों के बीच यह बाईसवीं बैठक है बैठक में भारतीय शिष्ठमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री वांग यी ने किया

राजधानी क्षेत्र ईटानगर के अतिरिक्त जिला उपायुक्त तालो पोतम ने आज पापु नालाह से ईटानगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में विकसित करने की परियोजना में आ रही बाधाओ का जायजा लिया उन्होंने परियोजना से जुड़े इंजीनियरो के साथ कार्य की प्रगति पर चर्चा की श्री पोतम ने कहा कि आर ओ डब्लू के निर्धारित क्षेत्र में निर्माण कार्यों को हटाने और इस भूमि के लिए प्रशासन मुआवजा नही देगा

इस शिविर में द्रलारी कन्या वेक्टर बॉर्न डिसीज सहित जिला स्वास्थ्य सोसायटी के विबिन्न विंग ने हिस्सा लिया इस मौके पर ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओ की जानकारी दी गई चिकित्सकों ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की ओर आवश्यक मेडिसिन वितरित किया उन्होंने बोरमाई पुलिस आऊट पोस्ट के नव निर्मित भवन का भी उद्घाटन किया

चानू ने ओलम्पिक क्वालीफाइंग मुकाबले में कुल एक सौ चौरानंबे किलोग्राम का वजन उठाया वे स्रैच में तिरासी किलोग्राम तथा क्लीन जर्क में एक सौ ग्रारह किलोग्राम का वजन उठाकर शीर्ष पर रहीं हालाकि यह उनके दो सौ एक किलोग्राम के श्रेष्ठ प्रदर्शन से कम रहा

आज का अधिकतम तापमान चौबीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बारह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार